प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश ने गरीबी हटाने के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां हासिल की है तथा रिकार्ड गति के साथ गरीबी उन्मुलन की दिशा में बढ़ रहा है और दनिया की मशहर संस्थाओं ने भारत के विकास को मान्यता दी है

उन्होंने कहा कि क्ंभ का मेला आत्म चिंतन का बड़ा माध्यम है जहां हरेक श्रद्वाल् को अपनी विलसण अहसास होता है

श्री मोदी ने कहा कि देश की बेटियों दवारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में पाई गई उपलब्धियों का जिक्र भी किया

श्री मोदी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका की ही धरती थी जहां गांधी जी मोहन से महात्मा बने श्री मोदी ने लोहड़ी पोंगल मकर सक्रांति माघ बीह और माघी के बधाई देते हये कहा कि ये सारे त्यौहार फसल व किसान से जूड़े है जो अलग अलग क्षेत्रो में अलग अलग नामों से मनाये जाते है तथा ये त्यौहार की महान भारत की अनेकता में एकता के प्रतीक है

म्स्लिम महिलाओं के विवाह सम्बधी अधिकारों की रक्षा से ज्डा विधेयक कल राज्यसभा में पेश किया जायेगा ये विधेयक ग्रूवार को लोकसभा से विपक्ष के वाकआउट के दौरान पास किया गया था ये विधेयक तीन तलाक से जुड़े सभी प्रावधानों को गैर कानूनी बताता है और ऐसा करने पर त्रंत तलाक देने को दंडनीय अपराध घोषित करते हुये तीन साल तक की सज़ा दिये जाने की प्रावधान लिये है केन्द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद कल इसे उच्च सदन यानि राज्य सभा में रखेंगे उन्होंने परसो दावा किया था कि तीन तलाक विधेयक को राज्य सभा में भी समर्थन मिलेगा जहां हालांकिल भाजपा की अुग्रवाई में एनडीए सांसदो की संख्या कम है

म्ख्यमंत्री ने खिलाडियों को सम्मानित किया और खेल को खेल की भावना से खेलने का आहवान किया

ग्रूग्राम में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए तथा इसमें गृणवता को सुधार के लिये किसान प्रशिक्षण केन्द्र का उदघाटन कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने किया यहां दक्षिणी हरियाणा के किसानों को बागवानी से सम्बधित प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि उनकी आय बढ़ सके इस प्रशिक्षण केन्द्र मे ग्रूग्राम फरीदाबाद रेवाड़ी मेवात झज्जर के किसान बागानी के क्षेत्र से ज्ड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे व उपज की बिक्री बढ़ाने के लिये भी उन्हे प्रशिसित किया जायेगा